बातचीत से पहले पीएम माद्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र की सेवा करना सबसे पहला धर्म है उन्होंने कहा कि इस च्नौतीपूर्ण समय में कार्यकर्ता देशभर में अथक प्रयास करके जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं वहीं प्रधानमंत्री ने भाजप्री में बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं के कार्यो कथ भी सराहा इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा की सात प्रदेश इकाइयों ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपनी रिपार्ट पेश किए जिसमें बताया गया कि काउ्रामा वायरस महामारी के दौरान उनकी ओर से कौन से कल्याणकारी काम किए गए

अपने संबाधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र माद्री ने कहा कि आज जब विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है तथ इनका स्थायी समाधान भगवान ब्द्ध के आदर्शों से मिल सकता है ये पूर्व में भी प्रासंगिक थे ये वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग समाज और राष्ट्रों की क्शलक्षेम की तरफ का रास्ता दिखाता है उन्होंने कहा कि यह करुणा और दया की महत्ता का उजागर करता है भगवान बुद्ध के उपदेश विचार और कार्य दामों में सरलता की सीख देते हैं

ये बैठक सचिवालय परिसर में वीडिय कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों का कारामा पॉजिटिव मामलों का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के साथ ही कांटेक्ट ट्रेसिंग करने और क्वारंटाइन सेन्टर की उचित देखभाल करने के कड़े निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने मास्क पहनने शारीरिक दूरी हाथों का समय समय पर धामा और उन्हें सैनिटाइज करने पर जात दिया स्लग अंब्रेला एक्ट उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों कक्ष जल्द अपना एकीकृत एक्ट मिलने जा रहा है मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में एक्ट के मसौदे क अंतिम रूप दिया गया बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में काबीना मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने बताया कि अलग अंब्रेला एक्ट बनने से सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में एकरूपता आएगी वर्तमान में विश्वविदयालयों के अलगअलग एक्ट हाज्रे से कई विसंगतियां पेश आ रही हैं एकीकृत एक्ट इन समस्याओं कासमाधान हागा विश्वविद्यालयों में क्लपति क्लसचिव समेत विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति की अलगअलग व्यवस्था समाप्त हामे में मदद मिलेगी

साथ ही उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का समय से पूरा करने के संबंधित अधिकारियों क निर्देश भी दिए इस दौरान सतपाल महाराज ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कंभ से जुड़े सभी कार्य राक्र दिए गए थे ज अब शुरू ह गए हैं लेकिन निर्माण सामग्री की कमी और प्रवासी मजदूरों के वापस जाने से कार्य में जा विलंब हआ है उसकी भरपाई करने के लिए अब कार्य में तेजी लाई जा रही है

राज्य के हर जिले के साथ संवेदनशील स्थलों की मॉनीटरिंग की जा रही है

इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सूक्ति प्रसंग साप्ताहिकी संस्कृत दर्शन ज्ञान विज्ञान बाल वल्लरी एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनविक्षिकी खंड शामिल होंगे

संस्कृत जगत की खबरें संस्कृत साहित्य दर्शन इतिहास कला संस्कृति और परम्परा में मानव मूल्यों की व्याख्या प्रस्त्त की जाएगी कार्यक्रम में बच्चों और य्वाओं की आवाज के प्रमुखता दी जाएगी

जिसमें मुख्यमंत्री ने पर्यटन क बढ़ावा देने के लिए लच्छीवाला क्षेत्र क विकसित करने और द्धली क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए बैठक में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि स्र्यधार झील का निर्माण कार्य अगस्त माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जलाशयों के निर्माण किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि माजरी ग्रान्ट में नवग्रह वाटिका एवं हरित पट्टिका का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है